कोरोना प्रधानमंत्री अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए पूरा देश एकजुट है उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए एक बार फिर देशवासियों से सामूहिक प्रयास का आव्हान किया है श्री मोदी ने कहा कि कल पांच अप्रैल को रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की बत्तियां बंद करें तथा दीये मोमबत्ती जलाकर या मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए देश की सामूहिक शक्ति का परिचय दें

ये उजागर होगा प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो संदेश में कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समूह में इकट्ठे न हों श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में लोगों ने अभूतपूर्व अनुशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है लोगों को सलाह दी गई है कि वे कल रात नौ बजे दीप या मोमबत्ती जलाते समय एल्कोहल वाले सेनेटाइजर का इस्तेमाल न करें कोरोना प्रधानमंत्री वाजपेयी कविता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ट्वीटर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता आओ फिर से दीये जलाएं का वीडियो साझा किया द्रपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा अंतरतम का नेह निचोड़ें बुझी हुई बाती सूलगाएं आओ फिर से दिया जलाएं हम पड़ाव को समझे मंजिल हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल वर्तमान के मोहपाश में आने वाला कल न भुलाएं आओ फिर से दिया जलाएं आओ फिर से दिया जलाएं कोरोना बिजली स्पष्टीकरण केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कल शाम नौ बजे घरों की बत्तियां बंद होने के दौरान ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के सभी इंतजाम किए गए हैं मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ने शाम नौ बजे से लेकर नौ बजकर नौ मिनट तक घरों में केवल बत्तियां बंद करने की अपील की है सड़कों गलियों की बत्तियां या कम्प्यूटर टेलीविजन पंखे फ्रिज और एसी जैसे घरेलू बिजली उपकरण बंद करने के लिए नहीं कहा गया है बिजली मंत्रालय ने कहा है कि अस्पताल और अन्य आवश्यक सेवा जैसे जनसुविधाओं नगर पालिका सुविधाओं कार्यालयों थानों और विनिर्माण संस्थानों की बत्तियां जली रहेंगी मंत्रालय ने सभी स्थानीय निकायों से ध्यान में रखते हुए सड़कों की बत्तियां जलाए रखने को कहा है जन स्रक्षा को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनीज ने भी लोगों से अनुरोध किया है कि कल रात नौ बजे सिर्फ बल्ब ट्यूब लाईट और रौशनी वाले उपकरण ही बंद करें कोरोना कृषि उपकरण छूट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कृषि उपकरणों और उनके पुर्जे वाली दुकानों को छूट से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं इन निर्देशों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंपों के पास ट्रकों की मरम्मत वाली दुकानों तथा चाय उद्योग को छूट के दायरे में रखा गया है चाय बागानों के पचास प्रतिशत तक कामगारों को भी छूट दी गई है गृह मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान सुरिक्षत दूरी बनाये रखने और साफ सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिये कोरोना संक्रमित मरीज छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमित एक और मरीज के मिलने की पुष्टि हुई है इस तरह अब प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दस हो गई है हालांकि इनमें से चार मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है कोरबा जिले के कटघोरा की पुरानी बस्ती मस्जिद में रूके सोलह साल के एक जमाती युवक की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजीटिव आई है यह युवक महाराष्ट्र के कामठी से आकर कटघोरा की एक मस्जिद में ठहरा हुआ था जिला प्रशासन ने युवक सहित अन्य सोलह लोगों को पुरानी बस्ती स्थित मस्जिद में ही आईसोलेट कर क्वारेंटाइन में रखा था ऐहतियात के तौर पर इन सभी लोगों के नाक और गले के स्वाब का सैंपल जांच के लिए एम्स रायपुर भेजा गया था जिनमें से एक युवक की रिपोर्ट पॉजीटिव आई इस बीच कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई छत्तीसगढ़ की पहली युवती इस संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गई है इस युवती का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा था जिसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है प्रदेश में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या छह हो गई है इनमें से चार संक्रमितों का इलाज एम्स रायपुर तथा एक मरीज का इलाज मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल चौदह सौ बारह संभावित लोगों की पहचान कर सैंपल की जांच कर ली गई है इनमें से बारह सौ चौंतीस सैंपल निगेटिव पाए गए हैं बाकी सैंपल की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है जगदलपुर मेडिकल में भी कोरोना सैंपल की जांच शुरू कर दी गई है मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर आजाद ने बताया कि अब तक एक सौ सैंतालीस सैंपलों में से चौहत्तर लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई हैं शेष रिपोर्ट आना अभी बाकी है कोरोना मुख्यमंत्री बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित मरीजों का लगातार ठीक होना अच्छी और सुकून देनी वाली खबर है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है और हमें लगातार सावधानी बनाए रखने तथा लॉकडाउन का पालन करने की जरूरत है कोरोना मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान लागू लॉकडाउन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की इस दौरान मुख्यमंत्री ने होलसेल मार्केट से विभिन्न जिलों के गांवों की किराना दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के संबंध में कहा कि राज्य सरकार ने इन वस्तुओं के परिवहन के लिए ई पास की अनुमति दी है ई पास में ड्राईवर की फोटो और गाड़ी नंबर दर्ज रहेगा जिससे उन्हें परिवहन में कठिनाई नहीं होगी मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि आटा चक्कियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है चक्कियों में गेहूं की पिसाई की जा सकती है

श्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चावल उपार्जन की मात्रा चौबीस लाख मीटरिक टन से बढ़ाकर इकतीस लाख मीटरिक टन की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया है कोरोनालघु वनोपज निर्देश प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान लघु वनोपज संग्रहण प्रसंस्करण परिवहन तथा भंडारण के लिए न्यूनतम मजदूरों को कार्य करने की सशर्त छूट दी गई है साथ ही लघु वनोपजों के परिवहन और भंडारण को चालू रखने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं वन विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायतों के सीईओ को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा है

बलरामपुर जिले में लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर हितग्राहियों को सूखा अनाज का पैकेट पहुंचा रही हैं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत छह माह से छह वर्ष तक के कुपोषित और एनीमिक बच्चों तथा पंद्रह से उनचास वर्ष आयु वर्ग की एनीमिक महिलाओं को दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है वहीं सरगुजा जिले में अन्य राज्यों से आए सात सौ छिहत्तर लोगों को होम क्वारेंटाइन में रखा गया है इनमें से पांच सौ सत्तर लोगों का चौदह दिन की क्वारेंटाइन अवधि पूरी हो चुकी है अब तक जिले में एक भी कोरोना पॉजीटिव नहीं पाया गया है इसी तरह राजनांदगांव जिले में भी अन्य राज्यों और जिलों से आए तीस लोगों को ग्राम पंचायत रानीतरई के स्कूल में ठहराया गया है जिले में पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीमों द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण और उसके बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है जिले के पर्यावरण प्रेमी भोज साहू ने नीम तुलसी और एलोविरा का हर्बल सैनिटाईजर बनाया पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला की पत्नी संगीता शुक्ला भी जरूरतमंद लोगों के घरों तक खाना है

दूसरी ओर दुर्ग जिले में लॉकडाउन के दौरान अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदार पर नगर निगम की टीम द्वारा दस हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है उड़नदस्ते की टीम लगातार दुकानों का निरीक्षण भी कर रही है वहीं नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में एक फरवरी के बाद विदेश यात्रा से लौटे सभी लोगों की पहचान की जा रही है जरूरत पड़ने पर इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा

इसी तरह मां दंतेश्वरी मंदिर समिति ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दो लाख इंक्यावन हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की है वहीं साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन को चौबीस लाख चौंतीस हजार रूपये की सहायता दी है इसी जिले में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला पुलिस द्वारा बेवजह घूमने वाले लोगों पर ड्रोन कैमरे की मदद से नजर रखी जा रही है बिलासपुर जिला पंचायत के सीईओ ने कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में दो ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित कर दिया है इधर कोरिया जिले में बेसहारा लोगों और प्रवासी मजदूरों के लिए दस सर्व सुविधायुक्त अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं जहां दो सौ पैंतालीस लोगों को रखा गया है उधर नारायणपुर जिले की प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चों के पालकों को मध्यान्ह भोजन के अंतर्गत चालीस दिनों का सूखा राशन का वितरण शुरू कर दिया गया है कोंडागांव जिले में भी स्कूली बच्चों के लिए घर घर जाकर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है वहीं जांजगीर चांपा जिले के पिसौद गांव में कम सूखा राशन वितरण करने के मामले में स्व सहायता समूह को नोटिस जारी किया गया है कोरोना लॉकडाउन उल्लंघन लॉकडाउन क्वारेंटाइन उल्लंघन और विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने के मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने पिछले चौबीस घंटों के दौरान उनतीस अपराध दर्ज किए हैं वहीं राजधानी रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लॉकडाउन और क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं रायपुर शहर के विभिन्न मार्गों पर आज पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया दिव्यांगजन मॉडल सेंटर राजधानी रायपुर के माना स्थित समाज कल्याण परिसर में दिव्यांगजनों के लिए राज्य स्तर पर एक मॉडल सेंटर बनाया जाएगा इस पर पांच करोड़ रूपये खर्च होंगे लगभग छह एकड़ में फैले इस परिसर के पुराने बैरकों को तोड़कर दिव्यांगजनों के लिए बाधारहित एकीकृत भवन का निर्माण किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माना स्थित शासकीय बहुविकलांग गृह में दिव्यांग बच्चों से मुलाकात के दौरान यह जानकारी दी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि मॉडल सेंटर में दिव्यांगजनों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण उपचार कृत्रिम अंग सहायक उपकरण निर्माण और कौशल उन्नयन के लिए भवनों और केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है वहीं मौसम विभाग ने कुछेक स्थानों पर गरज चमक के साथ ब्रजपात होने की चेतावनी भी दी है मिली जानकारी के मुताबिक पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है बिलासपुर में अचानक मौसम के बदलने से झमाझम बारिश हुई वहीं कबीरधाम जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं बारिश के चलते तापमान में भी बदलाव हुआ है प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सैंतीस डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में तथा सबसे कम तापमान अट्ठारह डिग्री सेल्सियस पेण्ड्रा रोड में रिकॉर्ड किया गया है संक्षिप्त समाचार राज्य शासन द्वारा लॉकडाउन के मद्देनजर पौने चार लाख जरूरतमंदों मजदूरों और निराश्रितों के लिए भोजन राशन तथा मास्क की व्यवस्था की गई है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन की कटौती नहीं करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया है

सूरजपुर जिले के ग्राम कोटया में जंगल में महुआ बीनने गई एक महिला पर हाथी ने हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई बलरामपुर जिले में पसता पुलिस ने तीस नग नशीली कफ सिरप के साथ चार युवकों को गिरफ्तार किया है बालोद जिले के ग्राम बागमारा में पुलिस ने करीब चौदह लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की है